भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के एटा तथा बरेली में कल चुनावी जनसभा को किया संबोधित कहा दो हजार उन्नीस का जनादेश यह तय करेगा कि भारत के लिये इक्कीसवीं सदी कैसी होगी भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ के लिये महापुरूषों को जाति के आधार पर बांटने का लगाया आरोप बसपा प्रमुख मायावती ने कहा एनडीए सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने में रही है विफल निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बने वेब धारावाहिक मोदी जर्नी ऑफ ए कॉमनमैन पर रोक लगा दी है आयोग ने कहा है कि श्री मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था चुनाव आयोग ने धारावाहिक के निर्माताओं से यह भी कहा है कि वे धारावाहिक से संबंधित सभी सामग्री इंटरनेट से हटा दें और इस बारे में तत्काल अनुपालन रिपोर्ट मेजें पांच एपिसोड के धारावाहिक में श्री मोदी के बचपन से लेकर राष्ट्रीय नेता बनने तक के जीवन को विभिन्न चरणों को प्रदर्शित किया गया है आयोग का कहना है कि इससे लोकसभा चुनायों में सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका दिये जाने के सिद्वांत का उल्लंघन होता है से से संसदीय चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार अभियान में सिर्फ आज का दिन शेष रह गया है राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेता और प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल प्रदेश के एटा तथा बरेली में चुनावी सभाओं को संबोधित किया एटा में पार्टी प्रत्याशी राजवीर सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज को तोड़ने वाली इन शक्तियों से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रदेश के मतदाता नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह खारिज कर देंगे उन्होंने कहा कि दो हजार उन्नीस का जनादेश यह तय करेगा कि भारत के लिये इक्कीसवीं सदी कैसी होगी

विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन इस बात का प्रमाण है लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं उन्होंने गरीबों के घर बनाने की चिंता नहीं की योगी जी की अगुवाई में अब यहां घर बनाने की गति तेज हुई है घर भी ऐसे जिसमें विजली कनेक्शन है द्रथिया बल्व है उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है शौचालय है

गठबंधन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने दावा कि अक्सरवादी राजनीति के आधार पर बना यह गठबंधन तेईस मई को चुनाव परिणामों के साथ ही टूट जायेगा उधर बरेली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोलते हए श्री मोदी ने कहा कि दो चरणों में सम्पन्न चुनाव के बाद विपक्षी दलों को अपनी पराजय का अहसास होने लगा है उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना और हम पर तरह तरह के आह्वेप इसी हताशा का प्रमाण है श्री मोदी ने कांग्रेस और गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि यह वंशवादी और अवसरवादी ताकतें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिये राजनीति करती है उन्हें शोषितों वंचितों और पिछड़े वर्गो के बुनियादी मुददों से कोई सरोकार नहीं है जबकि पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए सरकार ने इन वर्गो के कल्याण के लिये न सिर्फ प्रभावी कदम उठाये हैं बल्कि अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें लाभ पहुंचाया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि चुनाव में उनकी पार्टी का बहुमत में आना तय है मुरादाबाद में एक जनसभा में गठबंधन पर प्रहार करते हुए श्री योगी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिये महापुरूषों को भी जातियों में बांटा जा रहा है

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में किस किस प्रकार की अपमान जनक टिपणी करते थे

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि एनडीए सरकार की गलत नीतियों से आम लोगों को नुकसान हुआ है और वह अपने संकल्पों को पूरा करने में विफल साबित हुई है सुश्री मायावती कल रामपुर में सपा प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान के पक्ष में आयोजित गठबंधन रैली को संबोधित कर रही थी माजपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की सरकारों के कार्यकाल में दलितों पिछड़े वर्गो और धार्मिक अल्पसंख्यकों का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है

रैली को संबोधित करते हए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की आर्थिक नीतियों से व्यापारी वर्ग भी संकट से जूझ रहा है आज हालत ऐसे पैदा कर दिये हैं जो संकट देश के सामने आया जो आर्थिक नीतिया ऐसे आई है अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो हमारे तमाम छोटे द्वकानदार है छोटे व्यापारी है जो किराना बाजार लगाते है हो सकता है उनकी द्वकाने भी बंद हो जाये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है उसमें बड़े लोगों को लाम पहचाने के लिये और हमारे छोटे द्वानदारों को बर्बाद करने क लिये हैं तेरह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की एक सौ सोलह सीटों पर तेईस अप्रैल को मतदान होगा तीसरे चरण में प्रदेश के जिन दस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे वह हैं मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीभीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक योटिंग मशीन और नोटबंदी के बारे में झूठी अफ़वाहें फैलाने का आरोप लगाया है एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं तथा अगले पांच वर्षो में आम लोगों के सपनों को साकार करने के लिये सरकार और कठिन परिश्रम करेगी उन्होंने विपक्ष पर लोगों से झठे वादे करने और साम्प्रदायिक एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता अदालत से दोषी ठहराये गये लोगों से मिल रहे हैं लेकिन वे अलगाववादियों से कड़ाई से निपटना जारी रखेंगे चुनाव आयोग ने आगरा विधानसभा सीट पर उन्नीस मई को उपचुनाव कराये जाने की घोषणा की है इस सम्बंध में अधिसूचना बाईस अप्रैल को जारी की जाएगी उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी मतगणना तेईस अप्रैल को कराई जायेगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगन प्रसाद गर्ग का दिल का दौरा पड़ने से विगत दस अप्रैल को निधन हो जाने के कारण यह सीट रिक्त हुई है ग्नाहो से निजात की रात शब ए बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्रो पर जाकर फातिहा पढ़ा